अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने और स्वास्थ्य कर्मियों को चोट के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में उत्पीडन शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के शीध्र और समय पर किए गए प्रयासों की सराहना की

वे पूर्णबंदी के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे इसके अलावा वे स्वामित्व स्कीम की शुरूआत भी करेंगे

ये जानकारी उन्होंने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी

लेकिन अब वास्तविक स्थिति के मददेनजर नए सिरे से पुनः लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुसार कार्य आरम्भ किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इन कार्यों में स्थानीय मजदूरों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा ताकि परियोजनाओं के कार्यो में तेजी लाई जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क निर्माण कार्य करने वाली मशीनरी को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए जिलों में आवाजाही पर भी विचार करेगी उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की आवाजाही की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है जबकि खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री की दलाई के लिए जिलों में ट्रकों की आवाजाही को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार शीघ्र ही हार्डवेयर की दुकानों को खोलने पर भी विचार करेगी ताकि निर्माण सामग्री की आपूर्ति में कोई बाधा न आए

वे आज शिमला में मुख्य सचिव की मौजूदगी में आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में बोल रहें थे राज्यपाल ने कहा कि मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए पीपीई किट और अन्य आवश्यक सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए बंडारू दत्तात्रेय ने किसानों और बागवानों के कृषि उत्पादों के लिए पैकेज़िग व परिवहन स्विधा को व्यापक तौर पर सुव्यवस्थित करने की जरूरत भी बताई

एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज़ के तहत गरीबों मजद्रों किसानों विधवाओं और दिव्यांग जनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दे रही है

सिमसा शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और त्वरित निर्णय के परिणाम स्वरूप राज्य में कोरोना महामारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना की रोकथाम में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों सहित पुलिस और सफाई कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है उन्होंने कहा कि हिमाचल को कोरोना फ्री राज्य बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है

हालांकि मौजूदा दर पर मंहगाई भत्ता जारी रहेगा कुलदीप पठानिया प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकंलन कर किसानों बागवानों की सहायता करने का सरकार से आग्रह किया है एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि व वर्षा से जहां प्रदेश के निचले क्षेत्रों में किसानों की रबी की फसल तबाह हुई हैं वहीं ऊपरी व मध्यवर्तीय क्षेत्रों में सेब चैरी व अन्य फलदार पौधों को नुकसान पहुंचा है पठानिया ने मक्की की फसल की बीजाई के लिए किसानों को अनुमति देने की भी सरकार से मांग की है